कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा नए कृषि कानूनों से एमएसपी नहीं होगा खत्म सांसद रामस्वरूप शर्मा का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार मुख्यमंत्री सहित अनेक नेताओं ने दी भावभीनी श्रद्वांजलि प्रश्नकाल राज्य सरकार आउटसोर्स कंपनियों की शिकायतों को देखते हुए आउटसोर्स के आधार पर तैनाती के लिए मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करेगी इससे नियुक्तियों और वेतन को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर विराम लगेगा स्वास्थ्य मंत्री डॉ राजीव सैजल ने आज विधानसभा में विधायक कर्नल इंद्र सिंह के प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि चंबा मेडिकल कालेज में कर्मचारियों को समय पर वेतन न दिए जाने और ईपीएफ जमा न किए जाने के मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री इंद्र सिंह गांधी राकेश सिंघा और पवन नैय्यर के नेरचौक मेडिकल कॉलेज और चंबा मेडिकल कालेज में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को लेकर प्रतिप्रक सवाल पूछे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए आउटसोर्स आधार पर कई विभागों में कर्मचारी रखे हैं

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को सरकार द्वारा तय मापदंडों पर रखा गया है और निर्धारित वेतन दिया जा रहा है

यह बात उन्होंने विधायक आशीष बुटेल की गैर मौजूदगी में विधायक आशा क्मारी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही

इसकी प्रशासनिक मंजूरी मिली है और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा

वे आज मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में उनके विभाग से संबंधित सवालों का जवाब दे रहे थे

विपक्षी दल कांग्रेस और माकपा ने इस कानून का जबरदस्त विरोध किया और दोनों ही दलों के विधायकों ने इस बिल को पारित करने के विरोध में सदन से वाकआउट किया

सरकार की दलील है कि यह संशोधन सिर्फ वन टाइम है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गैर मौजूदगी में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस विधेयक में संशोधन केवल टेक्नीकल है विपक्ष के विरोध पर कड़े तेवर अपनाते हुए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि एफआरबीएम में संशोधन एकमुश्त है और इसका भविष्य में प्रदेश की ऋण लेने की सीमा को बढ़ाने से कोई संबंध नहीं है

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार इस बिल को पास कर पाप कर रही है और कांग्रेस इस पाप की भागीदार नहीं बनेगी उन्होंने सरकार से इस बिल को वापस लेने और पुनर्विचार के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेजने की सलाह दी कांग्रेस के जगत सिंह नेगी और आशा कुमारी ने भी इस बिल में संशोधन का विरोध किया इस संशोधन विधेयक के पारित होने से पहले ही कांग्रेस और माकपा विधायक राकेश सिंघा सदन से वाकआउट कर बाहर चले गए कटौती प्रस्ताव कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि नए कृषि कानूनों ने किसानों को अपने उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता दी है उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से एमएसपी खत्म नहीं होगा ये जारी है और आगे भी जारी रहेगा वीरेंद्र कंवर आज विधानसभा में विपक्ष द्वारा कृषि विभाग को लेकर लाए गए कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे विपक्ष द्वारा इन कटौती प्रस्तावों को वापस न लेने पर सदन ने इन्हें ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मंडियों को और सशक्त किया है

कृषि मंत्री ने दावा किया कि पड़ोसी राज्य पंजाब ने नए कृषि कानूनों को मंजूर कर लिया है और पंजाब में कांट्रेक्ट फार्मिंग पहले से ही चल रही है

अंतिम संस्कार सांसद रामस्वरूप शर्मा का आज उनके पैतुक गांव जलपेहड़ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया इनका कल दिल्ली में निधन हो गया था मुख्यमंत्री जयराम ठाकर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के साथ गहरी संवेदनाएं जताईं और दिवंगत सांसद को भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की जयराम ठाकर ने दिवंगत रामस्वरूप शर्मा की असामयिक मृत्यु को मण्डी संसदीय क्षेत्र सहित प्रदेश व भाजपा के लिए अपूर्णीय क्षति बताया उन्होंने कहा कि रामस्वरूप शर्मा के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा रामस्वरूप शर्मा के अंतिम संस्कार में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मंत्रिमण्डल के सदस्य महेन्द्र सिंह ठाकुर सरवीण चौधरी राजेन्द्र गर्ग सांसद सुरेश कश्यप व किशन कप्र विधायक गण और अन्य भाजपा नेता शामिल हुए इसके अलावा पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर व कौल सिंह ठाकुर सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी रामस्वरूप शर्मा को श्रद्वासुमन अर्पित किए श्रद्वांजलि इससे पहले कल शाम नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने दिवंगत सांसद के परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र सांसद किशन कपूर सुरेश कश्यप इन्दु गोस्वामी वरिष्ठ भाजपा नेता महेन्द्र नाथ पांडे ने भी उन्हें श्रद्दांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया अनुराग केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पित है

अनुराग ठाक्र ने सीआईआई द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में आगामी वित्तवर्ष के बजट में महिलाओं के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी दी उन्होंने महिला उद्यमियों की उपलब्धियों की सराहना भी की राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दिवंगत सांसद राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध मृत्यु की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि रामस्वरूप शर्मा की मृत्यु की निष्पक्ष जांच की जाने चाहिए ताकि सच सब के सामने आ सके